राज्य में कोरोना पॉजिटिव आठ नये मामले रांची से अब तक कुल संकमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई इक्यानबे

श्री मोदी ने चेतावनी दी कि इस वायरस का खतरा अभी बना हुआ है और लगातार सावधानी ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब तक दो लॉकडाउन देख चुका है और दोनों अलग अलग तरह से रहे हैं उन्होंने इस महामारी से निपटने से उत्पन्न स्थिति और कार्य योजना पर चर्चा के लिए आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते हए ये बात कही प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ यह चौथी बैठक थी श्री मोदी ने कहा कि भारत सहित कई देशों की स्थिति मार्च के शुरूआत से लगभग एक जैसी थी लेकिन समय से कदम उठाये जाने के कारण भारत बहत लोगों के जीवन की रक्षा करने में सफल रहा है

श्री मोदी ने हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में दिशा निर्देश लागू करने के लिए राज्यों के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्यों का प्रयास कोरोना से सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्रों को कम प्रभावित क्षेत्रों में और बाद में कोरोना रहित क्षेत्रों में बदलने के प्रति होना चाहिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रधानमंत्री के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हए संवाद में शामिल हए मुख्यमंत्री ने बाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री ने आर्थिक स्थिति में सुधार पर चर्चा की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया है कि वे गृह मंत्रालय को निर्देश दें ताकि दूसरे राज्यों में फंसे झारखण्ड के बच्चों और मजदूरों को वापस लाया जा सके मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित किया है कि राज्य के पांच हजार से ज्यादा बच्चे कोटा तथा देश के अन्य शहरों में लॉक डाउन के कारण फंसे हुए हैं साथ ही रोजगार की तलाष में गये लगभग पांच लाख से अधिक मजदूर वापस आना चाहते हैं इसके लिए अभिभावकों और अन्य संस्थाओं द्वारा भी राज्य पर दबाव बनाया जा रहा है

राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि तीन मई तक देषभर में लॉक डाउन है इसके बाद स्थिति के अनुसार सरकार आगे निर्णय लेगी उन्होंने कहा कि लॉक डाउन रहे या न रहे मौजूदा हालात में सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी है वहीं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेष्वर उरांव ने कहा कि राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है

राज्य में लॉक डाउन उल्लंघन के मामले में पुलिस ने अब तक एक हजार दो सौ सत्तर लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है और दो हजार सात सौ पांच लोगों को गिरफ्तार किया है एडीजी अभियान सह पुलिस प्रवक्ता मुरारी लाल मीणा ने बताया कि लॉक डाउन उल्लंघन के मामले में पांच हजार चार सौ पच्चीस लोगों को आरोपी बनाया गया हैं हजारीबाग जिले में लॉक डाउन की अवधि में सरकार द्वारा चलायी जा रही गरीब कल्याण योजना को सफल बनाने में भारतीय डाक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है

कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर लगाये गये लॉक डाउन के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्रालय के नये आदेष से कई वर्ग के लोगों को लाभ हो रहा है लॉक डाउन के दौरान कृषि क्षेत्र में छूट दिये जाने से पष्चिमी सिंहभूम जिले में धान अधिप्राप्ति केन्द्रों का संचालन शुरू हो गया है

जामताड़ा जिले के कुंडहित प्रखंड के बिकमपुर गांव में चौबीस वर्षीय एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उपायुक्त गणेष कुमार ने बताया कि यह जिले में कोरोना संकमण का पहला मामला है

इसके साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या अब तक इक्यानबे हो गयी है अकेले रांची में ही कोरोना संकमण के तिरेसठ मामले पाये गये हैं नये मरीजों में रांची के हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी थाना के अवर निरीक्षक और एक एम्बुलेंस चालक भी शामिल हैं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

इनमें से छह हजार एक सौ चौरासी रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई

चतरा जिले के विभिन्न प्रखंडों के साथ इटखोरी में भी लॉक डाउन में चलाये जा रहे दीदी किचन दाल भात केन्द्र और स्वंयसेवी संस्थायें असहाय लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं

सहिबगंज जिले में कोरोनो वायरस के संक्रमण से प्रभावित लक्षण दिखने वाले और बाहर से आये लोगों की पहचान के लिए घर घर जा कर सर्वे करने का निर्णय लिया गया है उपायुक्त के निर्देश पर सहिया और सेविका की टीम गठित की गई है जो कोरोना वायरस के संक्रमण में आए लोगों के बचाव के लिए जरूरी सूचनाएं इकट्ठा कर रहीं हैं संक्षिप्त खबरें चतरा जिले के पुलिस उपाधीक्षक वरूण देवगम ने महेषा और मायापुर गांव स्थित कैम्प से फरार पैंतीस मजदूरों को हजारीबाग जिले के नगवां से बरामद किया है

पष्चिमी सिंहभूम जिले के गुदड़ी थानाक्षेत्र के साउड़ीउली में उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एक पूर्व सदस्य की हत्या आपसी रजिष में कर दी गयी है

राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में दोपहर बाद जोरदार बारिष हुई इस दौरान तेज हवायें चली और अधिकांष स्थानों पर ओले भी गिरे तेज हवाओं की वजह से कई स्थानों पर पेड़ गिर गये इससे आवागमन बाधित हुआ और कई घरों को नुकसान पहुंचा है मौसम विज्ञान केन्द्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि तीन मई तक राज्य के कई क्षेत्रों में तेज हवा के साथ वर्षा होगी